प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एन सी सी गणतंत्र दिवस शिविर के समापन पर सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को विभिन्न श्रेणियों में प्रस्कार प्रदान किये

प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी ने कहा है कि भारतीय सेना देश के द्रशमनों को करारा जवाब दे रही है उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है पर हर तरह की स्थिति में अपनी सीमाओं का सुरक्षा करने में सक्षम है आज नई दिल्ली में इस वर्ष के एन सी सी गणतंत्र दिवस शिविर में समापन परेड को सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि एन सी सी कैडेट्स् स्वच्छ भारत जैसी विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने में अहम भूमिका निभा रहे है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को सरकार करने का हर संभव प्रयास कर रही है

रक्षा मंत्री निर्मला सीतरमण भी इस अवसर पर उपस्थित थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल परीक्षा पे चर्चा के एक ओर संस्करण में छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों के क्रॉस कनैक्शन के साथ बातचीत करेंगे नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में पूरे भारत से दो हजार छात्र अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे यह एक अन्ठी बातचीत होगी जिसमें छात्र शिक्षक अभिभावक और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा से जुड़े मुद्दों और उससे जुड़े तनाव पर चर्चा करने के लिये एक साथ होंगे पहली बार पूरे भारत के छात्र और विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्र भी इसमें भाग लेंगे जबकि पिछली बार केवल दिल्ली एनसीआर के छात्रों को ब्लाया गया था विदेश से भाग लेने में रूस नाईजीरिया ईरान नेपाल दोहा कवैत सऊदी अरब और सिंगाप्र देश शामिल है इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण होगा देश और विदेश के सभी सरकारी और सीबीएससी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों कालेजों में कार्यक्रम के सीधा प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है

जब तिहाड़ जेल के अधिकारी उन्हें पेश नहीं पाये थे

क्मार ब्रह्मानंद ग्प्ता और वेद प्रकाश इन तीनों के खिलाफ हत्या के आरोप में तथा दंगों के आरोप जिमसें दिल्ली के सुल्तानपुरी में सुरजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी के मामले चला रहे है

ये कैमरे विभिन्न चौकों चौराहों एंव प्रदेश व निकासी दवारा पर नौ स्थानों पर लगाये गये है आज श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी व सांसद रतन लाल कटारिया ने इन कैमरों का श्भारंभ किया

उन्होंने कहा कि नगरपालिका च्नाव में लोग यह मांग थी जिसे प्रा किया गया है

बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री सैनी ने दावा किया कि जींद उपच्नाव में भाजपा प्रत्याशी कृष्ण मिडडा की जीत होगी जनता वहां प्रधानमंत्री व म्ख्यमंत्री के विकास कार्यो पर मुहर लगायेगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि आज वी वी पैट मशीनों की मदद से मतदान कराया गया कई जगह मतदान के शुरू में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की शिकायत मिली जिस पर चूनाव आयोग ने मशीनों को बदलवा दिया इस बीच विभिन्न दनों के नेताओं दवारा अपने उम्मीदवार की जीत का दावा किया जा रहा है

पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने सरकार पर सीबीआई के द्रूपयोग का आरोप लगाया है उन्होंने दवाब की रणनीति के तहत उनके आवास पर सीबीआई का छापा मरवाया गया लेकिन इससे वे डरने वाले नहीं है आज यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा कि कांग्रेस जींद का उप च्नाव जीत रही है ईवीएम पर श्री हडडा ने कहा कि राजनैतिक पार्टियों द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाना जायज़ है कांग्रेस सता में आने पर बैलेट से चूनाव कराने के मुददे पर सभी दलों से राय लेगी उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से कांग्रेस संगठन को ओर मजबूती मिलेगी हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर दो उप स्वास्थ्य केंद्र तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक सौर ऊर्जा संयंत्र और एक सरकारी पश् चिकित्सालय स्थापित किये जायेंगे इनकी स्थापना के लिए भ्रमि उपलब्ध कराने के कई प्रस्तावों को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्वीकृति दे दी है

पंजाब हरियाणा में कई स्थानों पर शीत लहर अभी जारी है

उधर फरीदाबाद में सामाजिक संस्था जन सेवावाहिनी ने ठंड को देखते हये लोगों को गर्म कपड़े वितरित किये हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव आर्य ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी का चिंतन सर्वसमाज को सदैव मानवता समरसता व समानता का मार्ग प्रशस्त करवाता है

उन्होंने कहा कि श्री ग्रु जी का चिंतन सर्वसमाज के लिए सदैव अन्करणीय है राज्यपाल ने संत ग्रू रविदास जी के चिंतन को विश्व भर में प्रसारित करने की अपेक्षा भी की